मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने पूछा कि संपन्न वर्ग को आरक्षण के लाभ से बाहर करने वाला क्रीमीलेयर का जो सिद्धांत ओबीसी मामले में लागू होता है वह एससी और एसटी समुदाय के लोगों को प्रोन्नति के आरक्षण के मामले में क्यों नहीं लागू होता है मामले की अगली सुनवाई उनतीस अगस्त को होगी

मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायमूर्ति रविरंजन की खंडपीठ ने इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी सीबीआई और राज्य सरकार को दी है न्यायालय ने इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई के एसपी जे पी मिश्रा के तबादले पर सीबीआई को पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है खंडपीठ ने कहा कि जांच अधिकारी का तबादला सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है न्यायालय ने जांच एजेंसी को हर तारीख पर मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा करने का आदेश दिया है मामले की अगली सुनवाई सत्ताईस अगस्त को होगी इधर इस मामले में जेल में बंद निलंबित बाल संरक्षण अधिकारी राजीव रौशन की पत्नी शिभा कुमारी के खिलाफ मुजफ्फरपुर स्थित पॉक्सो अदालत ने इश्तेहार जारी कर दिया है इश्तेहार को उनके पूर्वी चंपारण जिले के मरपा गांव स्थित आवास पर चिपकाया जायेगा शिभा कुमारी पर बालिका गृह की पीड़िताओं की पहचान उजागर करने का आरोप है

पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान दोनों से कई बिंदुओं पर प्रछताछ की गयी उन्होंने बताया कि सरकार से आसरा गृह के संचालन के लिये मिली राशि का दोनों के पास कोई हिसाब नहीं है पूछताछ के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ कि पौधा रोपण के नाम पर मिली राशि का भी मनीषा दयाल ने अपने भाई के साथ मिलकर गबन किया वहीं दोनों आरोपियों ने ये बात भी स्वीकार की है कि उनलोगों के राजनीतिक और प्रशासनिक लोगों से संपर्क रहे हैं मनीषा दयाल ने इस बात को स्वीकार किया है कि समाज कल्याण विभाग के पूर्व सचिव सुनील कुमार से उनकी चार बार मुलाकात हो चुकी है रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद दोनों को एक बार फिर बेऊर जेल भेज दिया गया है

आयोग ने इन दोनों घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुये पुलिस महानिदेशक से सात दिनों के भीतर अब तक की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है इससे पूर्व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बिहियां की घटना पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चुका है

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुये राज्य सरकार से पूछा कि न्यायालय ने नियमित अध्यक्ष की बहाली के लिये मार्च महीने में ही आदेश दिया था लेकिन अब तक नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई खंडपीठ ने बोर्ड के काम करने के तरीके पर भी कड़ी आपत्ति जतायी है

श्री जेटली का पिछले दिनों एम्स में गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ था जिसके बाद से वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि इससे निजता की सुरक्षा संबंधी उसकी नीति का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा सूत्रों ने बताया कि कंपनी के इस बयान के बाद सरकार इस संबंध में नई नीति बनायेगी संभावना है कि नये दिशा निर्देश सितंबर महीने से लागू हो जायेंगे गौरतलब है कि गलत खबरों के आधार पर भीड़ की हिंसा से निपटने के लिये केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप्प से कहा था कि वह ऐसी तकनीक विकसित करे जिससे मैसेज भेजने वाले की पहचान हो सके

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नई पद्धति में छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं की जांच पर विशेष ध्यान दिया जायेगा इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने कल्याणपुर सीमेंट बिस्कोमान बिहार भूमि विकास बैंक और पाटलीपुत्र डेवलपर्स के खिलाफ राशि वसूली के लिये नोटिस जारी किया है

विभाग के अनुसार मॉनसून अभी पटना में पूरी तरह सक्रिय है इस दौरान तेज हवा चलने की भी आशंका जतायी गयी है वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सो में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है

तीनों युवक रेल ट्रैक पर बैठकर ईयर फोन से गाना सुन रहे थे इस कारण ट्रेन की आवाज नहीं सुन सके जिस कारण यह हादसा हुआ

सभी कांवरिया देवघर में जलाभिषेक के बाद ओडिशा के पूरी गये थे जहां से वे बसे से राजगीर लौट रहे थे इस दौरान बहरागोड़ा के पास चालक के नियंत्रण खो देने से यह हादसा हुआ

इस मामले में जक्कनपूर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है

मौके से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है

हिन्दुस्तान लिखता है पटना हाई कोर्ट ने बालिका गृह की जांच से जुड़ी खबरों के प्रकाशन पर रोक लगायी दैनिक जागरण ने एससी एसटी प्रोन्नति मामले से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है उच्च पदों पर आसीन अफसरों के बच्चों को क्यों मिले आरक्षण प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है दिल्ली से आज एक रूपया चलता है तो गरीब के घर में पहुंचते हैं पूरे सौ पैसे दैनिक भास्कर की सुर्खी है लालजी टंडन ने उनतालीसवें राज्यपाल का पद संभाला चीफ जस्टिस ने दिलायी शपथ राष्ट्रीय सहारा की खबर है भारतीय छात्रों ने बनाया देश का सबसे हल्का माइक्रो उपग्रह नासा आज करेगा प्रक्षेपण आज ने एशियाई खेलों में पंद्रह साल के शार्दूल विहान द्वारा निशानेबाजी में रजत पदक जीतने की खबर को प्रमुखता से छापा है